प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्च्यअल माध्यम से आयोजित आज केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में यह बात कही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 बैठक के दौरान कोविड महामारी से लड़ाई में केन्द्र व राज्य सरकारों और देश की जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार के टीम इंडिया दृष्टिकोण पर बल दिया गया

इनमें से चार चार मौते कांगड़ा और ऊना जिलों में हुई हैं इसके अलावा हमीरपुर और सिरमौर में तीन तीन तथा किन्नौर मंडी शिमला और सोलन में एक एक कोरोना मरीज की मौत हुई है

शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के असामयिक निधन पर गहरा दख व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि रोहित सरदाना ने कडी मेहनत और लग्न से पत्रकारिता में एक बड़ा मुकाम हासिल किया उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि रोहित सरदाना एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे तथा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश व जनता के हितों से जूड़े मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उठाते थे उन्होंने कहा कि रोहित सरदाना युवा पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे और पत्रकारिता जगत को दिए गए उनके सराहनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा सुक्खू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सुखविंद सुक्खू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोरोना को बिगड़ते हालात पर काबू पाने में अब तक विफल रही हैं सुक्खू ने आज एक बयान में कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है उन्होंने कहा कि कागजो में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन्हें धरातल पर देर से उतारा जा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड अस्पतालों में मरीजों को उनके हालात पर छोड दिया गया है सुक्खू ने कहा कि अब घोषणों से काम नही चलेगा

ये बिस्तर एक सप्ताह के भीतर तैयार कर लिए जाएंगे उपायुक्त ने आज कोरोना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंडोगा में स्थित सामान्य सुविधा केंद्र में दो सौ बिस्तरों को डेडिकेटिड कोविड हैल्थ सेंटर शीघ तैयार किया जाएगा यहां मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी

उन्होंने ये भी कहा कि जिले में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध हैं